प्रधानमंत्री सामाजिक सुरक्षा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल साढ़े नौ बजे वीडियो कांफेंसिंग के जरिए सरकार की विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजना के लाभार्थियों से संवाद करेंगे यह कार्यक्रम डीडी न्यूज और नरेन्द्र मोदी ऐप पर उपलब्ध रहेगा श्री मोदी ने एक टवीट में कहा कि वे लाभार्थियों के अनुभव और जीवन यात्रा के बारे में जानने को उत्सुक है प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत दुनिया में निवेशकों के लिये सबसे अनुकूल अर्थ व्यवस्थायों में से एक है क्योंकि यहां निवेशकों के लिये वे सब सुविधायें उपलब्ध है जिनकी वे अपेक्षा करते हैं आज एशियन इंफ्रास्ट्रक्शन इनवेस्टमेंट बैंक एआईआईबी की तीसरी वार्षिक बैठक का उदघाटन करते हुये श्री मोदी ने कहा कि निवेशक पैसा लगाते समय देश का विकास और अर्थ व्यवस्था की व्यापक स्तर पर स्थिरता की उम्मीद करते हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि निवेशक राजनीतिक स्थिरता और अनुकूल विनियामक ढ़ांचे की अपेक्षा करते हैं ताकि उनके निवेश सुरक्षित रहे

आज भोपाल में केन्द्रीय मंत्री अनंत कुमार ने संवाददाताओं से चर्चा करते हथे कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाये गये आपातकाल से पूरे देश में हालात खराब हो गये थे उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जीन्स में लोगों को दबाना और उनका दमन करना है वह कभी भी लोकतंत्र का भला नहीं कर सकती श्री कुमार ने ये भी कहा कि मध्यप्रदेश में इस बार भारतीय जनता पार्टी दो सौ से अधिक सीटे जीतेगी विघानसभा स्थगित मध्यप्रदेश विधानसभा की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों को लेकर हंगामे के चलते अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए जाने के साथ ही मानसून सत्र संपन्न हो गया मानसून सत्र कल ही शुरू हुआ था और इसके तहत पांच बैठकें प्रस्तावित थीं सदन में कल भी हंगामा हुआ सोमवार और मंगलवार दोनों दिन हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बाधित रही

लगातार हंगामे और आरोप प्रत्यारोप के दौरान विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीतासरन शर्मा ने शोरशराबे और हंगामे के बीच कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी चौदहवीं विधानसभा का ये अंतिम सत्र है इस वर्ष के अंत में प्रदेश में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं

ट्रेनिंग वर्कशाप में ईवीएम बनाने वाली कम्पनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल बेंगलुरु के जिलों में तैनात ईवीएम कॉर्डिनेटर और सुपरवाईजर भी भाग लेंगे वर्कशाप का उदघाटन मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सलीना सिंह करेगीं कार्यशाला में निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों को ईवीएम और वीवी पैट की फर्स्ट लेबल चेकिंग की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी जायेगी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने कार्यशाला में भाग लेने के सभी समस्त जिला कलेक्टर और अन्य अधिकारियों को पत्र भेजकर अनिवार्य रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिये है निःशुल्क प्रवेश प्रदेश में शिक्षा का अधिकार कानून के तहत निजी विद्यालयों की पहली कक्षा में निःशुल्क प्रवेश के लिये ऑनलाईन आवेदन तीस जून तक लिये जायेंगे पहुंचे यह तिथि तेईस जून निर्धारित की गई थी राज्य में अब तक दो लाख पैतालीस हजार से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश के इच्छुक पालक बच्चों के आवेदन पत्र आरटीई पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन पत्र तीस जून तक जमा करा सकते हैं

सूत्रों से खबर मिली है कि मोहगांव में सुबह खेत में मक्के की फसल की बौवनी की जा रही थी तभी अचानक जोर गरज के साथ बिजली गिरी जिससे मौके पर ही पांच लोगों की मौत हो गई घायलों को उपचार के लिये जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है नशामुक्ति नशीले पदार्थों का दुरूपयोग रोकने के लिए आज अंतर्राष्ट्रीय नशामुक्ति दिवस मनाया गया प्रदेश भर में इस अवसर पर नशामुक्ति रैली और अन्य जागरुकता कार्यकमों का आयोजन किये गये राजधानी भोपाल में जन जागरूकता के कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया वहीं इंदौर में मादक पदार्थों के दुरूपोग और अवैध तस्करी को रोकने के प्रति जन जागरूकता के लिये एक कार्यक्रम किया गया वहीं हमारे होशंगाबाद संवाददाता ने बताया है कि नगर में सुबह छात्र छात्राओं द्वारा रैली निकाली गई इस दौरान कलेक्टर ने नशा ना करने का संकल्प दिलाया

जहां लोगों को नशामुक्ति की शपथ दिलाई गई आगरमालवा और नरसिंहपुर जिलों में भी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं रोजगार मेला प्रदेशभर में बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए रोजगार मेले आयोजित किये जा रहे हैं इसी कड़ी में आज भोपाल में एक दिवसीय ब्यूटी एण्ड वेलनेस रोजगार मेले का आयोजन गोविन्दपुरा आईटीआई में किया गया मेले में इस क्षेत्र में जानी मानी कंपनियां शामिल हुईं ये कंपनियां साक्षात्कार के बाद विभिन्न पदों पर युवाओं को भर्ती करेगी

वहीं बैतूल में उन्तीस जून को रोजगार मेले का आयोजन किया जायेगा वहीं झाबुआ अशोकनगर और रतलाम जिले में दो हजार नौ सौ साठ युवाओं का चयन विभिन्न कंपनियों द्वारा किया गया दिव्यांग तैराक ग्वालियर के पैरा स्विमर सत्येन्द्र सिंह ने अपने जुनून से इंग्लिश चैनल पार कर इतिहास रच दिया है सत्येंद्र ने अपने तीन साथियों के साथ रिले की तर्ज पर रविवार चौबीस जून को तैरकर इंग्लिश चैनल पार किया है सत्येन्द्र इंग्लिश चैनल पार करने वाले एशिया के पहले दिव्यांग बन गए हैं विक्रम अवार्ड से सम्मानित सत्येंद्र के नाम पर कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिताब हैं

लंदन में इंग्लिश चैनल पार करने की तैयारी उन्होंने बीते वर्ष मई से ही शुरू कर दी थी

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर सत्येंद्र की हौसला अफजाई की है उन्होंने लिखा हमारी दृढ़ इच्छाशक्ति से ज्यादा ऊंचे सपने कभी भी नहीं हो सकते हैं मध्यप्रदेश के सपूत सत्येन्द्र सिंह ने ये साबित कर दिया है उन्हें और उनकी टीम को उनकी असाधारण उपलब्धि के लिये सबसे हार्दिक बधाई मौसम प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज बारिश का दौर शुरू हुआ कहीं तेज जो कहीं गरज चमक के साथ छीटें पड़े वहीं राजधानी भोपाल और उसके आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश हुई डिंडौरी में दोपहर से रिमझिम बारिश का दौर जारी है रूकरूक होकर हो रही बारिश से लोगों को उमस गर्मी से राहत मिली नीमच अब तक चौसठ दशमलव मिली मीटर वर्षा दर्ज की गई शिवपुरी शाजापुर जिले से हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज सुबह से ही गरज चमक के साथ बारिश शुरू हुई वहीं उमरिया में भी बारिश होने से लोगों ने राहत महसूस की है तेज हवाओं के कारण जिला मुख्यालय में विद्युत प्रदाय करीब चार घंटे बाधित रहा मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना जताई है

वे स्वरोजगार स्थापित कर सकें